यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि कल से कर्फ़्यू में भी अब तीन घंटों की बजाए चार घंटों की छूट दी जाएगी ताकि दुकानों में कम भीड़ जुटे और उचित सामाजिक दूरी भी बनी रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कर्फ्यू के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है और तीन मई के बाद आर्थिक गतिविधियों को दोबारा सुचारू बनाने के लिए उपयुक्त योजना बनाई जाएगी

स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार ऊना जिला में छह चंबा व सोलन में दो दो कांगड़ा हमीरपुर और सिरमौर में एक एक कोरोना संक्रमित मरीज ही रह गए हैं

मौसम शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं वहीं जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पिति जिले के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर कल रात से हल्की बर्फबारी हो रही है कांगड़ा कुल्लू शिमला सहित प्रदेश के कई भागों में कल शाम बारिश व ओलावृष्टि हुई और तेज़ हवाएं चलीं इस बेमौसमी बारिश से किसानों के गेहूं सेब प्लम चैरी आम और दूसरी नकदी फसलों को नुकसान पहुंचा है और किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री की घोषणा को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रदेश में कल से कप्यू में चार घंटे ढील शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट सैलून व ब्यूटी पार्लर को छोड़ खुलेंगी सभी दुकानें दैनिक भास्कर के शब्द हैं हिमाचल में अब कर्फ्यू में चार घंटे की राहत डेढ़ घंटे कर सकते हैं मॉर्निंग वॉक आपका फैसला ने लिखा है हिमाचल प्रदेश में कर्फ्य्र में ढील का समय बढ़ेगा मॉर्निंग वॉक कर सकेंगे दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के ग्रीन जोन में सोमवार से खुलेंगी दुकानें पंजाब केसरी की खबर है हिमाचल में एक जिला से दूसरे जिला में आवाजाही की अनुमति मुख्यमंत्री बोले पास बनवाने के लिये एसडीएम दे सकेंगे अनुमति संजय कुंडू होंगे प्रदेश के नए डीजीपी शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है अगले महीने रिटायर होंगे मरड़ी जयराम सरकार ने आयोग को भेजा नाम